मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में समग्र शिक्षा अभियान के तहत सम्पर्क स्मार्टशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उददेश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाना है जयराम ठाकूर ने उम्मीद जताई कि यें कार्यक्रम अंग्रेजी व गणित विषय सीखने में आने वाली बाधाओं को दूर करने और पाठशालाओं में लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा

मुख्यमंत्री ने स्कूलों में शिक्षा प्रणाली की निगरानी के लिए शिक्षा साथ मोबाईल ऐप और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्यापको व अभिभावकों के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करने के लिए ई सम्वाद मोबाईल ऐप का शभारम्भ भी किया

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्मार्टशाला किट जारी करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित बनाया जा रहा है

सोलन जिले की बड़ोग पंचायत में आज पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही सैजल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण जरूरी है और उन्होंने इस अभियान में लोगों से बढ़चढ़ कर भाग लेने का आहवान किया उन्होंने बताया कि बड़ोग में गौवर्धन सेवा समिति द्वारा गौशाला का निर्माण भी किया जाएगा जिससे करीब एक दर्जन पंचायतों को लाभ मिलेगा

पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज शिमला में एक बैठक में नवनियुक्त पर्यवेक्षकों र्स जिम्मेदारी से अपने कार्य का निर्वहन करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है राठौर ने बताया कि संगठन में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पूरा अधिमान दिया जाएगा कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने भी बैठक को संबोधित किया सेब खरीद प्रदेश सरकार ने इस वर्ष सेब खरीद के लिए मंडी मध्यस्थता योजना एमआईएस को लागू करने की मंजूरी दे दी है

कार्यशाला लाहौल स्पीति ज़िला बाल संरक्षण यूनिट ने आज केलंग में बाल अधिकार व संरक्षण पर एक कार्यशाला लगाई इसकी अध्यक्षता करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी रणजीत वैद ने लोगों को बाल अधिकार व संरक्षण के संबंध में जानकारी दी उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षित कर सम्य नागरिक बनाना हम सभी का दायित्व है जिला बाल संरक्षण अधिकारी हीरानंद ने बताया कि कार्यशाला का उददेश्य बाल शोषण व बाल श्रम जैसी सामाजिक करीति के प्रति लोगों को जागरूक करना है झूला किन्नौर जिला मुख्यालय रिकागंपिओ के समीप तंगलिंग गांव को जोड़ने वाला झूला पिछले करीब डढे माह से खराब है जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तंगलिंग के पूर्व प्रधान भीम सिंह सहित अन्य लोगों ने बताया कि लोकनिर्माण विभाग को इस सम्बंध में कई बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक इसे ठीक नही किया गया है वहीं पीडब्ल्यूडी डिविजन भाबानगर के अधीक्षक ने बताया कि झूले को जल्द ही ठीक कर आवाजाही के लिए बहाल कर दिया जाएगा मौसम प्रदेशभर में मॉनसून की सक्रियता से वर्षा का क्रम रूक रूक कर जारी है लगातार हो रही वर्षा से शिमला मंडी और सिरमौर जिलों में विभिन्न स्थानों पर सम्पर्क मार्ग भी अवरूद्व हैं जिससे किसानों व बागवानों को अपनी फसलें मंडियों तक पहुंचाने में मुश्किल हो रही है

मौसम विमाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के अधिकतर स्थानों में गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई है